इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत व सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहेंगे इससे पहले केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में केंद्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि कसुम्पटी पंथाघाटी छोटा शिमला विकासनगर पटियोग कंगनाधार न्यू शिमला खलीणी वार्डों सहित साथ लगते निगम क्षेत्र के बाहरी इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति की जाएगी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने टयूट्र पर ये जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा परिणाम आज शाम चार बजे घोषित किया जाएगा ये नतीजे बोर्ड की वैबसाइट पर जारी किए जाएंगे पर्यटन विभाग द्वारा शिमला ज़िले में पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए कई गतिविधियां करवाई जा रही हैं विभाग के उपनिदेशक सुरेन्द्र जस्टा ने बताया कि सांस्कृतिक कला जत्थों के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि पर्यटकों को विभिन्न तरह की जानकारियां देने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों में विशेष व्यवस्था की गई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने शिमला शहर में गहराए जलसंकट को अपनी प्रमुख खबर बनाया है पंजाब केसरी की सुर्खी है शिमला में पानी के लिए हाहाकार हाईकोर्ट ने तलब किए नगर आयुक्त व नगर अभियंता सरकार ने दिए हर घंटे मॉनीटरिंग के निर्देश अमर उजाला का शीर्षक है पानी पर हाहाकार के बीच सीएम ने खुद संभाली कमान आज से सुधरेंगे हालात दैनिक जागरण के शब्द हैं पानी ने निकलवाए आंसू आठ से दस दिन में भी लोगों को नहीं मिल रहा पानी दिव्य हिमाचल लिखता है शिमला में पानी को आधी रात हंगामा

जलसंकट के साथ जंगलों में आग के बढ़ते मामलों पर अमर उजाला की सुर्खी है जंगल की आग ने ली दो की जान हवाई उड़ानें रूकीं सिरमौर बिलासपुर में झूलसने से दो बुजुर्गों की मौत दैनिक जागरण का शीर्षक है कांगड़ा एयरपोर्ट में धुंएं ने रोकी विमानों की राह कोटी वन कटान मामले पर पंजाब केसरी लिखता है हाईकोर्ट के आदेशों पर वन विभाग के आधा दर्जन अफसरों पर एफआईआर दर्ज़ करने की तैयारी हिमाचल दस्तक की एक खबर है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को एमसीआई की मंजूरी सौ एमबीबीएस सीटों पर इसी सत्र से कक्षाएं शुरू दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है सूखे ने चौपट की हिमाचल की कृषि अर्थव्यवस्था मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के मैदानी इलाकों में आज लू चलने की चेतावनी कल से मध्यवर्तीय क्षेत्रों में बदलेगा मौसम बारिश के आसार

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय लावारिस नहीं रहेंगे पशू में लिखा है कि प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को जल्द ही सहारा मिलेगा